इसे पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में प्रस्तुत किया था

प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस साल के अंत तक सभी परिवारों को रसोई गैस कुनैक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम नरेंद्र ठाक्र व अर्जुन सिंह के संयुक्त सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल में उज्ज्वला व गृहिणी सुविधा योजना के लंबित मामलों को निपटाने का लक्ष्य है

इस दौरान विधायक हर्ष वर्धन चौहान ने अनुपूरक सवाल किया विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार पुराने हिन्दोस्तान तिब्बत मार्ग को वाहन योग्य बनाने का प्रयास करेगी

विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक महत्व के कार्यों के लिए एक हैक्टेयर से कम भूमि की वन स्वीकृति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र से इस बारे में मामला उठाया है तथा आगे फिर से उठाएंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत सडकों की वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम मामलों की वन विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ हर माह समीक्षा की जाती है ताकि जो वन मामले ऑनलाइन जमा किए गए है उनकी त्रुटियों को शीघ्र दूर किया जा सके इसी मुद्दे पर विधायक राकेश पठानिया ने भी अनुपूरक सवाल पूछे कांग्रेस के वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि स्कूलों में ट्रांसपोटेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला के ददाहू में निजी स्कूल बस दुर्घटना में बस की पासिंग को लेकर जो बात सदस्यों ने रखी है उसकी जांच की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि नुरपूर स्कूल बस हादसे के बाद सरकार ने उच्चाधिकारियों को ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि यदि विधायक इसके लिए भूमि उपलब्ध करवा देते हैं तो चरणबद्ध तरीके से इनके लिए सरकारी भवनों का निर्माण करवाया जाएगा

उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में की गई घोषणा का कोई जिक्र नहीं किया है मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को राष्ट्रीय उच्च मार्गों के नाम पर गुमराह कर रही है जबकि केंद्र ने प्रदेश के लिए एक भी एनएच मंजूर नहीं किया है उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्मार्ट सिटी अटल वर्दी योजना और रोजगार भत्ते सहित अन्य मुद्दों को सदन में उठाया इसके जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की एक साल की उपलब्धियों को देख कर विपक्ष बौखला गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे दम के साथ चल रही है और प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जनमंच को उन्होंने सरकार का सफल कार्यक्रम बताते हुए कहा कि विपक्ष इसकी सफलता से घबरा गया है जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान बदले की भावना से कोई काम नहीं किया है

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज विधानसभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से मरने वाले अधिकांश मरीज अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे

उन्होंने स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों को आराम करने और भीड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह भी दी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं और अस्पतालों में रोग निवारक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है विपिन परमार ने कहा कि आई जीएमसी शिमला टाण्डा मैडिकल कॉलेज और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में स्वाइन फ्लू के परीक्षण की सुविधा है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने आज इसके लिए ई विधान प्रणाली विवरणिका का विमोचन किया

यह पहली बार है जब प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के बजट अभिभाषण का विधानसभा से सीधा प्रसारण देख सकेगी इसके लिए एक लिंक जारी किया गया है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि ई विधान प्रणाली को सफल बनाने के लिए नई तकनीक को अपना रहा है जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश की ई प्रणाली का देश के सभी राज्यों सहित लोकसभा और राज्यसभा में लागू किया जाना छोटे से हिमाचल के लिए गौरव की बात है उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को अपनाने से पूरी कार्यवाही पेपरलेस हुई है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कदम है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी भी इस अवसर पर मौजूद रहे बधाई राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तिब्बती समुदाय को आज से शुरू हुए पारम्परिक नववर्ष लोसर की बधाई दी है तिब्बती समुदाय के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट की आचार्य देवव्रत ने सभी की खुशहाली व समृद्धि की कामना की भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे रोजगार प्रदाता बन सकें ये बात आज उन्होंने विधानसभा में कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा के नेतृत्व में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत के दौरान कही मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोज़गार दिलाने की दिशा में कौशल विकास निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

इस बीच पांगी के भाजपा मंडल महासचिव राजेन्द्र ठाकुर ने घाटी के सभी हैलीपैडों के लिए एक एक उड़ान करवाने की सरकार से मांग की है ताकि बर्फबारी में फंसे लोग घाटी से बाहर आ सकें कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधक कमेटी की एक बैठक आज शिमला में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन और अपनी ज़िम्मेदारी व कार्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने को कहा

इस बीच पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राकेश शर्मा ने आज कुलदीप सिंह राठौर के समक्ष कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की